किसानों को यूरिया समय पर उपलब्ध होगा आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए नियमों का स्वेच्छा से पालन कराने हेतु एक ई अभियान शुरू किया

केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि देश में खादों की पर्याप्त उपलब्धता है और राज्यों के पास काफी भंडार मौजूद है उन्होंने कहा कि चल रहे बिजाई मौसम के कारण अगर खादों को अतिरिक्त मांग होती है तो खादों की आपूर्ति में और तेज़ी लाई जायेगी और किसानों को यूरिया सीज़न के दौरान देशभर में खादों की मांग मे काफी वृद्वि हई है और इसकी आपूर्ति के लिए सरकार खाद उत्पादकों व राज्य सरकारों के साथ तालमेल बनाकर काम कर रही है उन्होंने बताया कि इसके अलावा मांग को पूरा करने के लिए सप्लाई में वृद्वि के लिए आयात का समय घटाया गया है

आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए नियमों का स्वेच्छा से अनुपालन कराने हेतु एक ई अभियान आज से शुरू किया है

इस अभियान का उद्देश्य ऐसे करदाताओं को कर तथा वित्तीय लेनदेन संबंधी सूचनाओं को ऑनलाइन सत्यापित करने की सुविधा प्रदान करना है जो स्वेच्छा से ऐसा करना चाहते हैं ताकि उन्हें आयकर विभाग का नोटिस न मिले और छानबीन की प्रक्रिया से न गुजरना पड़े हरियाणा बीजेपी के नव नियुक्त प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने आज पंचकूला में पार्टी कार्यालय में अपना कार्यभार संभालने के मौके पर कहा कि वे उन्हीं दी गई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभायेंगे पत्रकारों से बातचीत में श्री धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड़डा और गृहमंत्री अमित शाह व म्ख्यमंत्री मनोहर लाल का दी गई जिम्मेदारी के लिए आभार व्यक्त करते हये वे अपनी टीम के साथ जनता के हितों को प्राथमिकता देंगे और एक समाज सेवक के तौर पर कार्य करेंगे उन्होंने कहा कि जल्द ही जिला अध्यक्षों की निय्क्ति की जायेगी लोगों से मेल जोल बढ़ाकर पार्टी व संगठन को मजबूत किया जायेगा एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार बिखर रही है कांग्रेस में युवा नेताओं पर पार्टी को विश्वास नहीं रहा पहले सिंधियां ने और अब पायलट पार्टी को अलविदा कर रहे है इस मौके पर केन्द्रीय जन शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता व अन्य कई मान्य गण भी उपस्थित रहें

विश्वविद्यालय ने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया को भी रदद करने का निर्णय लिया है इन पाठ्यक्रमों में दाखिला अब प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों की मैरिट के आधार पर किया जायेगा

सिरसा से सिविल सर्जन डॉ सुरेन्द्र नैन ने आज जिले में दस नये पोजिटिव मामले सामने आने की जानकारी दी है जबकि चार कोरोना मरीज़ों को अस्पताल से छुटटी दी गई है

उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना के सामुदायिक प्रसार के कोई लक्षण नहीं है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई वैक्सीन का मानव परीक्षण पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान रोहतक में परीक्षण चल रहा जिसके सकारात्मक परिणाम आने की संभावना है

प्लिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने बताया कि पुलिस ने चालक व परिचालक को गिरफ्तार कर लिया है जिनकी पहचान गांव सैलोटी निवासी दीपक और मथुरा जिले के गांव महराना निवासी सुखदेव के तौर पर हुई है आरोपी उड़ीसा से गांजा पत्ती पलवल में बेचने के लिए ला रहे थे हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा है कि सहकारिता विभाग के माध्यम से गांव व शहरों में दो हजार रिटेल आउटलैट खोले जायेंगे जिनमें गांव व शहार के युवाओं को अपनी योग्यता व प्रतिभा के अन्रूप रोजगार मिलेगा

मंत्री आज रेवाड़ी के बावल कस्बा में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के मुख्य द्वारा का उदघाटन् करने के बाद बोल रहे थे